कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र पर प्रतिक्रिया का दौर जारी भाजपा ने घोषणापत्र को बताया देश की एकता और अखंडता के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लाहौल स्पीति में चुनाव कार्यो के लिए हैलीकॉप्टर की तुरंत व्यवस्था के निर्देश मंडी जिला प्रशासन ने डेंगू व अन्य रोगों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू की भाजपा प्रदेश भाजपा महामंत्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कहा है कि उर्जा मंत्री अनिल शर्मा यदि भाजपा में रहना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी के निर्देशानुसार मंडी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए उतरना होगा

भाजपा महामंत्री ने ये भी कहा कि पंडित सुखराम राजनीति की आयाराम गयाराम संस्कृति के प्रतीक बन चुके हैं और उन्हें अपने परिवार के अतिरिक्त और क्छ नहीं दिखता घोषणापत्र लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा बीते रोज जारी राष्ट्रीय घोषणापत्र पर कांग्रेस और भाजपा में प्रतिक्रिया का दौर लगातार जारी है प्रदेश भाजपा के विभिन्न नेताओं ने जहां कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को देश की एकता और अखंडता के विरूद्व षड़यंत्र करार दिया है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता इस घोषणापत्र की लगातार तारीफ कर रहे हैं जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र देश की सुरक्षा पर क्ररतम प्रहार है उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र देश की एकता और अखंडता के विरूद्व एजेंडा है मुख्यमंत्री ने आज बयान में कहा कि देश की जनता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन देश की संबसे पुरानी पार्टी देशद्रोहियों और अलगावादियों से साथ खड़ी हो जाएगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वायदों को देखकर लगता है कि ये घोषणापत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा न बनाकर अलगावादियों द्वारा देश की अखंडता के विरूद्व एक शपथ पत्र है जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी इस सोच का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सत्ती शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस की देशद्रोही मानसिकता का जवाब अब लोकसभा चुनाव में जनता देगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला करार दिया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस र्सना को कमजोर कर आतंकवादियों को मजबूत करने की साजिश कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस घोषणापत्र को देश की एकता व अखंडता के विरूद्व कांग्रेस का षड़यंत्र करार दिया है अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद व भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने कांग्रेस पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलगावादियों और जिहादियों से साठगांठ कर अपना चुनाव घोषणापत्र बनाया है जिसमें सैनिकों को प्राप्त विशेषाधिकार खत्म करने की बात कही गई है उन्होंने कहा कि अशांत क्षेत्रों में यदि विशेषाधिकार कानून समाप्त कर दिया गया तो आतंकियों के हौसले बुलंद होंगे और सैनिकों की जान खतरे में आ जाएगी पवन चौधरी ने कहा कि भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ कांग्रेस के इस देश विरोधी वायदे के खिलाफ प्रदेशभर में जन जागरण करेगा वीरभद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव घोषणापत्र को देश के गरीबों को न्याय बेरोजगारों को रोजगार किसानों को राहत और सामाजिक सुरक्षा के प्रति समर्पित बताया है वीरभद्र सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र देश को नई दिशा देगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही देश के विकास के प्रति समर्पित रही है और आगे भी रहेगी इसके लिए कांग्रेस को भाजपा से किसी भी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में देश में गरीबी बढ़ी है वीरभद्र सिंह ने कहा कि रोजगार का वायदा कांग्रेस हर हाल में पूरा करेगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दावा किया है कि देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र राहुल गांधी की सोच का एक स्पष्ट आइना है जो देश का दुख दर्द जानते हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान और संघर्ष किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र में नौकरियों की वचनबद्वता किसानों के लिए कर्ज माफी और जीएसटी का सरलीकरण एतिहासिक कदम साबित होंगे दूसरी ओर पार्टी प्रवक्ता इंद् पटियाल ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र में समाज के हर वर्ग विशेषकर गरीब तबके का ध्यान रखा गया है हैलीकॉप्टर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को लाहौल घाटी में चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को तुरंत घाटी पहुंचाने के लिए हैलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं लाहौल स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि इस संबंध में मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उठाया गया था

अश्विनी कुमार ने कहा कि शेष बचे कर्मचारियों को भी शीघ्र घाटी पहुंचाने के प्रबंध किए जा रहे हैं

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को अपनी अग्रिम तैयारी रखने और लोगों को इन रोगों से बचाव को लेकर जागरूक करने पर जोर देने को कहा है आज डेंगू व अन्य रोगों के नियंत्रण को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा उन्होंने सभी पेयजल योजनाओं और जल स्रोतों की सफाई करने तथा पाईपों के रिसाव से होने वाले जल भराव को रोकने के निर्देश भी दिए

शिमला में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने की